अब समाचार विस्तार से स्लग निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी घोषणाएं की वित मंत्री ने कहा कि मंहगाई दर काबू में है और औद्योगिक उत्पादन में सुधार के साफ संकेत मिल रहे हैं उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में कमी का भी ऐलान किया गया

इनमें से चार हजार स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र इस साल खोले जाएंगे आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कल नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा केन्द्र और सिद्ध नैदानिक अनुसंधान इकाई के उद्घाटन के बाद यह जानकारी दी श्री नाइक ने आशा व्यक्त की कि यूनानी चिकित्सा केन्द्र और सिद्ध नैदानिक अनुसंधान इकाई देश के विभिन्न भागों से सफदरजंग अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए यूनानी और सिद्ध प्रणालियों के जरिए समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा उन्होंने कहा कि सरकार आयुष चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने में रुचि ले रही है आयुष मंत्रालय आयुष्मान भारत के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलेगा

श्री शाह ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों को फल वितरित करने और स्वच्छता अभियान में शामिल होकर इस अभियान की शुरुआत की सेवा सप्ताह के अंतर्गत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत आज देहरादून स्थित कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिले और उन्हें फल वितरित किए मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली स्लग लोक अदालत बागेश्वर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया इस दौरान तमाम वादों पर चर्चा हुई और सुलह समझौते से उनका निराकरण किया गया यह लोक अदालत लोगों के लिए मददगार भी साबित हो रही है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में तमाम मामलों का सुलह समझौते से समाधान किया जाता है जिससे आम लोगों को सुविधा के साथ ही न्याय भी मिलता है और उनकी इच्छा के अनुसार दोनों पक्षों में सुलह कराया जाता है स्लग स्वच्छता कार्यक्रम देहरादून स्थित पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक सामाजिक संस्था की ओर से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इस अवसर पर संस्था से जुड़े नवीन कुमार सढाना ने बताया कि सहस्त्रधारा जैसे पर्यटक स्थल को जीरो वेस्ट डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य है उन्होंने बताया कि इसमें सिंचाई विभाग पर्यटक विभाग और अन्य विभागों के सहयोग से काम किया जाएगा वहीं जिला पर्यटक अधिकारी केएस रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को ऐसे कार्यक्रमों से बल मिलेगा साथ ही पर्यटक जागरूक होंगे और सहस्त्रधारा के लोगों को कचरे की समस्या से निजात मिलेगी

भारत के सैनिकों के पास अब अभेद भाभा कवच होगा दरअसल मेक इन इंडिया की ये एक और बड़ी सफलता है अभी तक भारत बुलेट प्रूफ जैकेट आयात करता रहा है लेकिन अब भाभा परमाणु रिसर्च केंद्र के वैज्ञानिकों ने बुलेट प्रफ जैकेट बनाने में महारत हासिल की और अब रक्षा सामग्री बनाने वाली कंपनियां इसका उत्पादन भी शुरू कर चुकी हैं

केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गंगोत्री धाम में नवनिर्मित तपोवनम हिरण्यगर्भ कला दीर्घा तपोवन हिरण्य गर्भ मंदिर और ध्यान योग केंद्र का लोकार्पण किया इसके अलावा विभिन्न विकास योजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने गंगा मैया की पूजा अर्चना भी की

उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में भी इसके लिए जनजागरण करने की जरूरत बताई देहराद्न में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भेंट की इस दौरान दोनों ने राज्य में संचालित सिंचाई पेयजल बाढ़ सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के संचालन और राज्य में निर्मित होने वाले सौंग और जमरानी बांध के साथ ही प्रस्तावित जलाशय झील निर्माण से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की

इसमें भूजल स्तर में सुधार के साथ ही रिस्पना और बिंदाल के पुनर्जीवीकरण में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि गोला नदी पर भी कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाना प्रस्तावित है जिससे नैनीताल और हल्द्वानी की पेयजल समस्या का समाधान होगा

प्रत्येक वर्ष चौदह सितम्बर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है गृहमंत्री अमित शाह ने हिन्दी दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में कहा कि किसी देश की पहचान के प्रतीक स्वरूप जन सामान्य की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है उन्होंने कहा कि हिन्दी वह भाषा है जिसमें पूरे भारत को एकजुट रखने की क्षमता है उन्होंने कहा कि हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं का विकास साथ साथ होना चाहिए श्री अमित शाह ने हिन्दी को देश भर में एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की विविध भाषाएं और बोलियां इसकी शक्ति हैं उन्होंने कहा कि सरकार हिन्दी को कानून और न्याय विज्ञान तथा चिकित्सा जगत के साथ साथ सभी क्षेत्रों की भाषा बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हिन्दी दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं केंद्रीय पर्यावरण वन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने हिन्दी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत की उन्होंने कहा कि अब भारतीय भाषाएं और समृद्ध हो रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिन्दी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है मुख्यमंत्री ने युवाओं से हिन्दी भाषा के सरंक्षण और सवर्दधन में सहभागी बनने की अपेक्षा की है हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कोटद्वार के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में ऋषिकेश महाविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नन्द किशोर ढौंडियाल ने कहा कि आज विदेश से शोध के लिए आने वाले विद्यार्थियों में भी हिन्दी के लिए रूचि बढ़ रही है साथ ही विदेशों में हमारी भाषा के प्रति विदेशी भी आकर्षित हैं उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा मजबूती की ओर बढ़ रही है वहीं और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने युवाओं का हिन्दी भाषा के सरक्षण और संवर्द्वन में सहभागी बनने का आहवान किया है

प्रशासनिक और खाद्य महकमे के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से आंचल दुग्ध विक्रेताओं के यहां छापामारी कर दूध के सैंपल लिए गए सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने बताया कि की थैली में पैक आंचल दूध के पैकेट की जांच राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर में होगी